शिक्षाकर्मियों की मांगों के संबंध में आज मंत्रालय में हुई बैठक संविलियन को लेकर कोई ठोस आश्वासन न मिलने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी

रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज हई हल्की ब्रंदाबांदी मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई आरडीए भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आने वाले छह महीनों में प्रदेश के बिजलीविहीन छह लाख अस्सी हजार घरों में बिजली पहंचाई जाएगी आज राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दस लाख मकान बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सबके आवास का सपना पूरा होगा गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमल विहार में दो हजार अड़तालीस ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान बनाए जाएंगे वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर में रिंग रोड नंबर एक पर कांशीराम नगर के समीप निर्मित धनुष आकार के फ्लाई ओव्हर का अब से कुछ देर पहले लोकार्पण किया

इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को पांच रूपये में भरपेट भोजन मिलेगा लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि यह योजना एक अप्रैल से शुरू होगी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में शिक्षाकर्मियों के चौदह पदाधिकारी में से छह पदाधिकारी उपस्थित थे इस बैठक में संविलियन के संबंध में कोई ठोस आश्वासन न मिलने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने आगामी तीन अप्रैल से मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है वहीं मुख्य सचिव ने शिक्षाकर्मी संघ के पदाधिकारियों को फिर से बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है संसदीय सचिव सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संसदीय सचिव मामले में आज हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर से एक जानकारी मांगी है मामले की अगली सुनवाई आगामी दो अप्रैल को होगी गौरतलब है कि सामाजिक संस्था हमर संगवारी के पदाधिकारी राकेश चौबे और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश में संसदीय सचिवों के पद समाप्त करने को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी बीते पच्चीस फरवरी को हई अंतिम सुनवाई में न्यायालय ने मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन आज हुई सुनवाई में पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर के पक्ष की ओर से दी गई दलील को लेकर एक जानकार्री मांगी है अगली सुनवाई के लिए आगामी दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा पुलिस ने आज एक इनामी सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस का दावा है कि कटेकल्याण थाना क्षेत्र के लखपल गांव में ये माओवादी ग्रामीणों के साथ बैठक ले रहे थे इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया इन दोनों माओवादियों पर हत्या आगजनी और पुलिस पर फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं कोंडागांव पुलिस ने भी एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मर्दापाल थाना की पुलिस तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान पुलिस दल ने कुदूर गांव की घेराबंदी कर माओवादी माल्या उर्फ मालू को गिरफ्तार किया हत्या लूट डकैती और विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था संवेदना एक्सप्रेस राज्य सरकार ने सड़क हादसों में घायल होने वाले पशुओं के त्वरित उपचार के लिए संवेदना एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया है इसके प्रथम चरण में प्रदेश के दस जिलों के राष्ट्रीय राजमार्गों के दस चुने हुए स्थानों के बीच संवेदना एक्सप्रेस की सेवा शुरू की जाएगी राज्य के पशुधन विकास मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इसके जरिये गंभीर रूप से घायल पशुओं को उचित इलाज के लिए पश् चिकित्सालय तक पहंचाया जाएगा साथ ही इलाज के बाद जरूरत पड़ने पर पशुओं को गौशालाओं तक ले जाने की व्यवस्था भी संवेदना एक्सप्रेस के माध्यम से की जाएगी

यह पुरस्कार वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के लिए वाटर डाइजेस्ट अवॉर्ड के रूप में विश्व जल दिवस के अवसर पर आगामी इक्कीस मार्च को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया जाएगा द्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए गरियाबंद जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जाता है कि एक बैंक की कैश वैन धमतरी से पैसे लेकर राजिम की ओर जा रही थी तभी नवापारा के द्लना के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने इस वैन को टक्कर मार दी उधर कांकेर जिले में हुए एक अन्य सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार जिले के अंतागढ़ की ओर से आ रहे चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया

वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में डिवाइडर से टकराकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक घायल हो गया अग्निकांड मौत राजधानी रायपुर में बीती रात एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार शहर के भनपुरी इलाके में स्थित टिम्बर बाजार परिसर के एक मकान में आग लग गई इस हादसे में अंबिकापुर निवासी पति पत्नी और नाबालिग पुत्र की मौत हो गई बताया जाता है कि मृतक की पत्नी बीती रात खाना बनाने के बाद बिना चूल्हा बुझाए ही सो गई थी इस बीच हवा चलने से चूल्हे की आग पूरे घर में फैल गई आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है बीती रात से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में कमी आई है लालपुर स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक पीएल देवांगन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दक्षिण ओडिशा के ऊपर बने चक्रवात के असर से प्रदेश में नमी आ रही है जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है उन्होंने बताया कि आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर ब्रंदाबांदी और कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने प्रदेशभर में बाल और बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में करीब पचास लाख रूपये का प्रावधान किया गया है सरगुजा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग पांडेय की जगह नम्रता गांधी को सरगुजा जिला पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है

साथ ही लूट की पूरी रकम साढ़े छह लाख रूपये भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है सभी आरोपी राजनांदगांव के बताए जाते हैं दर्ग से चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय से दो घंटे पैंतीस मिनट देर से छूटेगी बताया जाता है कि पेयरिंग रैक देर से आने के कारण सारनाथ एक्सप्रेस को एक सौ पचपन मिनट री शेड्यूल किया गया है